पंचकूला से आज प्रदेश भर में पीसीवी टीकाकरण की श्रूआत की गई

सरकार द्वारा जायज़ मांगे ही मानी जायेगी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की है कि सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यमों को उनसठ मिनट में एक करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा वे आज नई दिल्ली में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमो की मदद और पहंच कार्यक्रम श्रू करने के मौके पर बोल रहे थे

पहले चरण में हरियाणा के सोनीपत और पंजाब के कपूरथला को भी शामिल किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी पंजीकृत सूक्षम लघु एवं मध्यम इकाइयों को पहले एक करोड़ के ऋण पर जीएसटी से दो प्रतिशत की छूट दी जायेगी उन्होंने अपने सम्बोधन के श्रू में इन उद्यमों की प्रंशसा करते हुए कहा कि कृषि के बाद इस क्षेत्र से ही सबसे अधिक रोज़गार य्वाओं को मिलता है प्रधानमंत्री ने कहा कि लघ् सूक्ष्म और मध्यम उद्योग करोड़ो लोगों को रोज़गार प्रदान करते है प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि देश में सुधारों के कारण व्यापार आसान हआ है अब हर काम के लिये बैंक जाने की जरूरत नहीं है

प्रधानमंत्री ने इन उद्योगों के व्यापार को आसान बनाने के लिए ओर भी कई घोषणायें की

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीकाकरण का सारा काम डिजीटलाईजेंड कर दिया गया है और दवा देने का सारा काम भी जीपीएस प्रणाली व आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है ताकि प्रदेश के हर नवजात का इलाज स्निश्चित हो सके

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कानून बनाकर प्रदेश के मेडिकल कालेज से निकलने वाले डाक्टरों के लिये हरियाणा मे एक वर्ष तक सेवायें देना अनिवार्यकर दिया जायेगा

स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके पर अनमोल एएनएम ऑन लाइन ओप्रेशन भी लांच की

ये विचार आज हरियाणा विधानसभा की उपाध्यक्ष संतोष यादव ने नियंतरर पदयात्रा के दौरान व्यक्त किये ये यात्रा आज कनीना खंड के गांव कोटिया से कटीरा ककराला कपूरी मानप्रा होते हये मोड़ी पहंची उपाध्यक्ष ने तिरंगा पदयात्रा की शुरूआत कोटिया गांव से विकास कार्यो का उदघाटन करके की जहां साढ़े अट्ठाइस लाख रूपये के विकास कार्य कराये गये है इसमे मुख्य रूप से आर ओ प्लांट शामिल है

उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हए उपाध्यक्ष ने कहा कि क्छ दिन पूर्व म्ख्यमंत्री ने नंबरदारों को तीन हजार रूपये की घोषणा के साथ उनके लिये ओर भी घोषणाये की और हरियाणा दिवस पर म्ख्यमंत्री ने सरपंचों को एक हजार रूपये महीना और डिपटी मेयर व मेयर को दो हजार रूपये महीना पेंशन देने की घोषणा की है

श्रीमती यादव ने कहा कि हलके मे दो महिलाओं कालेज दो आईटीआई व एक बह्कौशल केन्द्र बनाया गया है

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से आज करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अन्संधान में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें कृषि मंत्री श्री ओ पी धनखड़ बतौर म्ख्य अतिथि शामिल हये और म्ख्य सचिव डी एस ढेसी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की इस सम्मेलन में प्रदेश भर में हज़ारों किसान शामिल हये कृषि मंत्री ने कार्यक्रम में फसल अवशेष प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाने वाली प्रदेश की करीब एक सौ अट्टावनबें पंचायतों किसानों व कस्टम हायरिंग सेंटरों को सम्मानित किया

पत्रकारों से बातचीत में क़षि ने कहा कि पराली जलाने से हवा दूषित होती है और सेहत पर खराब असर पड़ता है अब किसान इसे समझने लगे है जिससे पराली जलाने के मामलों में कमी आई है उम्मीद है कि भविष्य में किसान वातावरण इंसान और पौधों की सेहत के अन्रूप फसल प्रबंधन करेंगे श्री धनखड़ ने सभी किसानों को पराली न जलाने का संकल्प भी दिलाया कार्यक्रम में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीकर्ण देव कम्बोज व जिले के सभी विधायक मौजद् थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्क्षों सुभाष बराला ने आज जगाधरी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रोडवेज़ कर्मी बिना म्द्दे के हड़ताल कर रहे है उन्होंने कहा कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले है लेकिन सरकार द्वारा जायज़ मांगे ही मानी जायेगी उन्होंने कहा िक हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है विपक्षी दल इस मुद्दे पर आग में घी डालने का काम रहे है क्रूक्षेत्र से सांसद राजक्मार सैनी पर बराला ने कहा कि मौका परस्त लोगों के मंसूबों का जनता कभी कामयाब नहीं होने देगी दिल्ली में प्रद्वण को लेकर केजरीवाल के टवीट पर बराला ने कहा कि वो हमेशा ही अपनी कमी को द्सरों पर थौपने का प्रयास करते है इनैलो के बारे में सुभाष बराला ने कहा कि इनमें लड़ाई कोई नई बात नहीं है चौधरी देवी लाल के समय ऐसी नौबत आई थी सरकार की कार्यशैली पर टीका टिप्पणी करने के बजाय नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला का अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए इस मौके पर विधान सभा अध्यक्ष कंवर पाल ग्र्जर भी मौजूद थे रोहतक से सांसद दीपेन्द्र हडडा ने दिल्ली के म्ख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हरियाणा दौरो पर सवाल उठाया है और कहा है कि केजरीवाल की हर चीज़ मे कमी निकालने की आदत है आज रोहतक में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का काई अस्तित्व नहीं है उन्होंने कहा कि केजरीवाल बताये कि दिल्ली में उनकी सरकार का क्या उपलब्धि रही है दिल्ली मे मेट्रो पर कितने किलोमीटर काम हुआ है उन्होंने हरियाणा सरकार पर भी सवाल उठाये और क्या सरकार संवदेनशील है रोडवेज़ का चहेतों को फायदा पहचांने के लिए निजीकरण किया जा रहा है

दीपेन्द्र हडडा ने इनैलो में चल रहे विवाद पर कहा कि यह राजनीतिक नहीं पारिवारिक लड़ाई है इनैलो को अब आत्म मंथन करना चाहिए कि जनता ने चुनाव में उन्हें बार बार क्यू ठुकरा दिया कृषि विज्ञान केन्द्र तेपला अम्बाला के प्रांगण में आज एक विशाल किसान मेले का आयोजन फसल अवशेष प्रबन्धन एवं किसानों कीआय दोगुनी विषय पर किया गया जिसका श्भारम्भ एसडीएम अम्बाला छावनी स्भाष चन्द सिहाग ने किया

हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों अपनी हड़ताल चार नवम्बर तक बढ़ाने की घोषणा की है हरियाणा रोडवेज कर्मचारी कमेटी के नेता दलबीर किरमारा ने कल बताया कि चार नवम्बर को जींद में रोडवेज़ बचाओं रोज़गार स्रक्षित करो के नारे के साथ एक राज्य स्त्रीय रैली की जायेगी जिसमे सर्व कर्मचारीसंघ हरियाणा कर्मचारी महासंघ ग्राम पंचायतों व खाप नेताओं को भी ब्लाया गया है किरमारा ने कहा कि रोडवेज़ कर्मचारी चार तारीख को अपनी अगली रणनीति तैयार करेंगे हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य परिवहन के जो कर्मचारी इस वर्ष अक्तूबर माह मे हड़ताल पर रहे है व अनाधिकृत रूपसे अन्पस्थित रहे है उन्हे हड़ताल व अनुपस्थित दिनों का वेतन नहीं दिया जायेगा इस बारे सभी महाप्रबंधकों को आदेशों की अनुपालना के निर्देश जारीकर दिये गये है एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हए बताया कि कल हरियाणा की सड़कों पर दो हजार छ सौ चौवालिस बसे चली और दो सौ उनसठ कर्मचारी काम पर लौटे भारतीय थल सेना दवारा भिवानी के भीम खेल परिसर मे छ दिसम्बर को पेंशन व चिकित्सा शिविर लगाया जायेगा